निर्भया सामूहिक द्रष्कर्म और हत्या मामले के चारों दोषियों को अब बीस मार्च को सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जायेगी दिल्ली की एक अदालत ने आज दोषियों का डेथ वारंट जारी किया इससे पूर्व भी तीन बार डेथ वारंट जारी किया गया था लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण फांसी नहीं हो सकी थी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम से संबंधित तैयारियों पर अधिक ध्यान दे रही है आज राज्य सभा में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में अब तक उनतीस लोगों में वायरस के संक्रमण की प्रष्टि हुई है इनमें से तीन को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गयी है

छह मार्च को सभी राज्यों और संबद्ध मंत्रालयों और अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने की योजना बनाई गई है फिर इसे जिला स्तर पर आयोजित किया जायेगा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्यो और केन्द्रशासित प्रदेशों में इस बीमारी की रोकथाम की तैयारियों की निगरानी और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश देने के लिए नियुक्त किया गया है

उन्होंने कहा कि भारत कोरोना वायरस से संबंधित परिद्रश्य के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन से निरंतर सम्पर्क बनाए हुए है साउंड बाईट भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय और देशों में स्थित अपने कार्यालयों से ताजा स्थिति की जानकारी लेने के लिए लगातार संपर्क में है हमारा मुख्य उदेश्य इस बीमारी का सामना करने के लिए अपनी क्षमता से पूरी तैयारी करना है इसमें निगरानी प्रयोगशाला में डायगनोज करना अस्पतालों में तैयारी करना उपकरणों का प्रबंध करना मेडिकल स्टॉफ को क्षमतावान बनाना और समाज को इसके खतरों के प्रति जागरूक करना है डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्थिति से निपटने से संबंधित तैयारियों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं उन्होंने सदन को बताया कि मंत्रियों के समूहों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी रिथिति की समीक्षा कर रहा है केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना वायरस के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए त्वरित कार्रवाई दल गठित करने के निर्देश दिये हैं नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष सचिव संजीव कुमार ने यह जानकारी दी साउंड बाईट युनिवर्सल स्क्रीनिंग एयरपोर्ट्स पे व्यापक रूप से शुरू हो गई है और आज जब स्टेट्स एडिसनल मेन पावर देगे तो आज ये पूरी तरह से कार्यान्वित कर दी जायेगी ट्रैवल हिस्ट्री के बेसेस पे कुछ केसेज हमने डिटेक्ट किये थे उसके अलावा कैम्युनिटी ट्रांसमिशन के भी कुछ केसेज ऑबजर्ब किये गये हैं इसलिए यह निर्णय लिया गया कि जो डिस्टीक्स के क्लेक्टर्स हैं उनको इस प्रोसेस में हमलोग एक्टिवली सम्मिलित करें और हर राज्य को रैपिड रिपोस टीम बनाने को कहा गया है केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज बिहार सहित पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़े राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा बैठक की उन्होंने सभी राज्यों को सीमावर्ती इलाकों में आने जाने वाले यात्रियों की सघन जांच करने और जागरूकता को लेकर ग्राम सभा का आयोजन करने का निर्देश दिया कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पटना के पीएमसीएच में दस और आरएमआरआई में सात बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर चौधरी ने बताया कि कोरोना वायरस की जांच के लिये अब पटना में पर्याप्त मात्रा में जांच किट उपलब्ध है इधर पटना और गया हवाई अड्डों पर विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है साथ ही नेपाल से लगे सात सीमावर्ती जिलों के सभी चेक प्वाइंट पर आने जाने वाले यात्रियों की जांच के लिये विशेष शिविर लगाये गये हैं गया के एएनएमसीएच में कोरोना के एक संदिग्ध मरीज को भर्ती किया गया है संदिग्ध मरीज चीन में पढ़ाई कर रहा है और सात फरवरी को अपने घर लौटा है अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उसके रक्त और लार के नमूने जांच के लिये भेज दिये गये हैं शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने शिक्षकों से काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा है कि सरकार उनके वेतन में सम्मानजनक बढ़ोतरी करेगी आज विधानसभा में श्री वर्मा ने यह घोषणा की इधर माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि जब तक समान काम के लिये समान वेतन की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अंशधारकों की जमा राशि पर ब्याज दर आठ दशमलव छह पांच प्रतिशत से घटाकर आठ दशमलव पांच प्रतिशत कर दिया है केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी पटना से चंडीगढ़ के लिये आज से हवाई सेवा शुरू हो गयी हैं विमान सेवा की पहली फ्लाईट से आये सिख श्रद्धालुओं के एक सात सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की चंडीगढ़ और पटना के बीच विमान सेवा शुरू होने पर सिख श्रद्धालुओं ने प्रसन्नता व्यक्त की है राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हो गया है वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी रघ्रवंश प्रसाद सिंह और शिवानंद तिवारी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गयी है वहीं कमर आलम को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है पटना उच्च न्यायालय ने कटिहार नगर निगम के मेयर के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान में धांधली की शिकायत मामले में इक्कीस मार्च को प्रनर्मतदान का फैसला सुनाया है बिहार महिला हैंडबाल टीम की कप्तान ग्रामीण परिवेश से आती हैं नवादा जिले की रहने वाली खुशबू ने सारी बाधाओं को पार करते हुए अंतरराष्ट्रीय खिलाडी के रुप में पहचान बनायी है वे महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं आकाशवाणी से बातचीत में उन्होने कहा कि माता पिता के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों से मिले प्रोत्साहन से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में आज महिला सशक्तीकरण विषय पर एक राउंड टेबल परिचर्चा का आयोजन किया गया नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र अंतर्गत गोनावां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित डॉक्टर प्रियरंजन प्रियदर्शी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस ने बताया कि अस्पताल जाने के क्रम में पहले से घात लगाये अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस छापेमारी कर रही है पटना में चल रही अखिल भारतीय असैनिक सेवा भारोतोलन स्पर्धा के दूसरे दिन अलग अलग भार वर्ग की प्रतियोगिताओं में दस खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किये

शेखप्रा जिला प्रशासन ने नल का जल योजना की धीमी प्रगति को लेकर पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता और एक सहायक अभियंता समेत दो प्रखंड विकास पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण की मांग की है